सोलन ज़िले के कुनिहार में आयोजित मुख्य समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ध्वाजारोहण किया और पुलिस होमगार्ड एनसीसी स्वाउटस एंड गाईड व स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्चपास्ट की सलामी ली

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिखर की ओर हिमाचल के सिद्धांत पर कार्य कर रही है जिसके लिए लोगों का सहयोग व समर्थन अपेक्षित है

बधाई इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्ण राज्यत्व दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि प्राकृतिक सुंदरता व बहादुरी वाले इस राज्य में आने वाले वर्षों में और भी समृद्धि आए उन्होंने राज्य के लोगों की खुशी व अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की है

इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना है आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बार के मतदाता दिवस का शीर्षक रखा गया है मतदान से न छूटे कोई मतदाता इस अवसर पर आज प्रदेश भर में अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलंग में कड़ाके ठंड के बावजूद मतदाता दिवस आयोजित किया गया इस दौरान एसडीएम नागरिक अमर नेगी ने मतदाताओं को लोकतांत्रिक परम्पराओं को बनाए रखने की शपथ दिलवाई

चंबा में हुए समारोह में अतिरिक्त उपायुक्त हेमराज बैरवा ने युवा मतदाताओं को मताधिकार के प्रति जागरूक होने पर बल दिया इस दौरान जिले के युवा मतदाताओं को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र भी वितरित किए गए मतदाता दिवस पर कुल्लू में आयोजित कार्यक्रम में एडीएम अक्षय सूद ने कहा कि निर्वाचन प्रकिया में आम लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी से लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है बिलासपुर के राजकीय स्नात्कोतर महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त विवेक भाटिया ने नए पंजीकृत मतदाताओं को फोटो पहचानपत्र वितरित किए उन्होंने कहा कि सभी को निष्पक्ष और अपनी सूझबूझ से मतदान करना चाहिए परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने पर प्रदेश सरकार विशेष बल दे रही है और इस दिशा में नई योजनाएं भी शुरू की गई हैं कांगड़ा जिले की राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुलह में आज एक कार्यकम में उन्होंने ये बात कही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकारी विद्यालयों की विश्वसनीयता और नामांकन बढ़ाने के लिए अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना शुरू की गई है